बिजली पानी सड़क और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की दिशा में तेजी से काम किया गया है उन्होंने आज शिवपुरी में ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था सत्ता में आने के बाद राज्य को कई समस्याओं से उबारने की चुनौती हमारे सामने थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश ने चौतरफा प्रगति हासिल की इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल हो गया है श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान प्रदेश का बजट एक लाख करोड़ से भी कम हुआ करता था अब वह बढ़कर दो लाख करोड़ हो गया है वहीं सिंचाई का रकवा चालीस लाख हेक्टेयर से बढ़कर अस्सी लाख हेक्टेयर पहुंच गया है आज प्रदेश की विद्युत क्षमता तीन हजार मैगावॉट से बढ़कर अठारह हजार हो गई है सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी संबोधित किया चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव में राजनैतिक दलों द्वारा जारी किये जाने वाले घोषणा पत्र की तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में तीन दिन के भीतर जमा करना होगी यह जानकारी कल मुख्य चुनाव पदाधिकारी बीएल कांताराव ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल में स्टार प्रचारकों की संख्या चालीस और राज्य स्तरीय दल के स्टार प्रचारकों की संख्या बीस से अधिक नहीं होगी श्री कांताराव ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये सोशल मीडिया कैलेण्डर भी जारी किया इसमें सात प्रकार की थीम के द्वारा मतदाताओं को मतदान करने के लिये प्रेरित किया जायेगा उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद पिछले दो दिन की कार्यवाही के बारे में भी विवरण दिया

खर्च निगरानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकान्ता राव ने निर्देश दिये है कि अधिकारी चुनाव खर्च पर निगरानी रखें इसके लिये जिलों में निगरानी दल सक्रियता से कार्य करें उन्होंने कल भोपाल में निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के नोडल अधिकारियों की कल हुई बैठक में कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही त्वरित गति से की जाये श्री राव ने यह भी निर्देश दिये कि पुलिस एवं परिवहन विमाग सख्ती से वाहनों की जाँच करें रेल्वे स्टेशनों पर अवैध राशि शराब हथियारों का परिवहन की रोकथाम के लिये जाँच की जाये पिंक मतदान केन्द्र ं प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार पांच सौ विशेष पिंक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही एल कांताराव ने एक बैठक में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन पिंक मतदान केन्द्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारी और अधिकारी तैनात रहेंगे

सभी मतदाताओं को फोटो ईपिक उपलब्ध कराये गये हैं भाजपा मांग भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों के लिये एक ही अनुमति पत्र जारी करने की मांग की है पार्टी के वरिष्ठ नेता शांतिलाल लोढ़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर कहा कि एक ही अनुज्ञा पत्र से स्टार प्रचारक अपने वाहन का उपयोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में कर सकता है डाक सप्ताह देश भर में आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरूआत हो गई है इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को डाक और बचत सेवाओं की जानकारी दी जा रही है भोपाल में इस अवसर पर स्कूली बच्चों को प्रमुख डाकघरों का भ्रमण कराया गया और उन्हें डाक सेवाओं के साथ ही बचत योजनाओं की जानकारी दी गई

पहले यह तिथि तीस सितम्बर थी जिससे पहले पंद्रह दिन बढ़ा दी थी

जिसके तहत बिना अनुमति धरना प्रदर्शन और सभा करने पर रोक लगा दी है

इस बैठक में नवरात्रि दशहरा और दीवाली पर्व पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ ही लोगों से सभी त्योहार आपसी सद्भाव से मनाने की अपील की गई